शहीद जवानों ने पिछले वर्ष हमले में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को नमन करता है उन्होंने कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्प है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शहीद जवान असाधारण व्यक्तित्व के थे जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि दी शहीदों को याद करने वालों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल शामिल थे प्रदेश में कथित खराब कानून व्यवस्था के विरोध में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कॉग्रेस के सदस्यों ने आज विधानसभा में हंगामा किया हंगामे के दौरान प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्षी दलों के विरोध का जवाब देते हुये कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्ववर्ती सरकारों से हजारगुना बेहतर है इसके बाद भी जब विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करते रहे तो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा के कार्यवाही को बीस मिनट के लिये स्थगित कर दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुपोषण और भूख की समस्या से निजात पाने के लिए पोषक खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया नई दिल्ली में आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआइआई के अट्ठावनयें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि अन्न का उत्पादन बढ़ा है लेकिन अर्भा कुपोषण और भूख की समस्या पर गहन चिंतन की आवश्यकता है उन्नीस सौ पचासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेन्द्र कुमार तिवारी को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है श्री तिवारी इकतीस अगस्त दो हजार उन्नीस से प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सविव के रूप में कार्य कर रहे थे प्रदेश सरकार ने अब उन्हें स्थायी रूप से यह जिम्मेदारी साँपी है केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों को जोड़कर तथा सामान्य दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थापित करना है इस कार्यक्रम में प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जोड़ा गया है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश के युवा ईटानगर जाकर वहां सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे

आकाशवाणी के साथ बातचीत करते हुए नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक मनोज समाधिया ने बताया इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अरूणाचल प्रदेश और मेघालय का एम ओ यू हुआ है

इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राष्ट्रीय एकता है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा एक संकल्प है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो साकार होगा

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुशीनगर जिले में आज संसदीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल तथा आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किया इस अवसर पर देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे